विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल इसकी अध्यक्षता करेंगे कार्यक्रम में लोगों की समस्यायें सुनकर अधिकांश का मौके पर निपटारा किया जायेगा सिरमौर जिले में भारी बारिश के चलते गिरी नदी पर बने जटोण विद्यत परियोजना का जल स्तर बढ़ने से बांध के गेट खोल दिये गये हैं प्रशासन के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में कल रात अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी जारी की गई है आपातकालीन स्थिति में टोल फ्री नम्बर एक शून्य सात सात पर सम्पर्क किया जा सकता है बांध के गेट खुलने के बाद जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम भी सचेत है उल्लेखनीय है कि कल जिले के अलग अलग हिस्सों में मुस्लाधार बारिश हुई जिससे नदियों व नालों के जल स्तर में वृद्धि हुई है कांग्रेस नेता जीएस बाली ने कहा है कि प्रदेश में इन्वेस्टर मीट के लिए अनुकूल वातावरण होना चाहिए ताकि निवेशकों को प्रदेश में निवेश करने के लिए कोई कठिनाई न हो कल कांगड़ा में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली प्रोजेक्टों के लिए निवेशक आने चाहिए ताकि लोगों को सस्ती बिजली के अलावा रोजगार के अवसर भी प्राप्त हों बाली ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बतौर अध्यक्ष हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है उन्होंने कहा कि चुनाव में हार के लिए संगठन के लोग भी जिम्मेदार हैं और उन्हें भी ईस्तीफे देने चाहिए थे धर्मशाला के मैकलोडगंज में कांगड़ा चित्रकला प्रदर्शनी कल शुरू हुई उपायुक्त राकेश प्रजापति ने इस तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारम्भ किया उन्होंने कहा कि कांगड़ा चित्रकला को प्रोत्साहित करने के लिए कारगर कदम उठाए जाएंगे और युवाओं को भी इससे जोड़ा जाएगा हमीरपुर के अर्न्तराष्ट्रीय वेट लिफटर विकास ठाक्र ने समोआ में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलंन चैपियनशिप में सिल्वर मैडल जीत लिया है

लगातार आठवीं बार विकास ठाकुर ने भाग लेते हुए पांचवा मैडल जीतकर देश सहित प्रदेश का नाम रोशन किया है केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कमार ध्रमल सहित अन्य नेताओं ने विकास ठाकुर को इस कामयाबी के लिए बधाई दी है प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाये हुए हैं वहीं शिमला व इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह हल्की वर्षा हुई मौसम के इस मिजाज़ से जहां गर्मी से राहत मिल रही है वहीं कुछ क्षेत्रों में हल्का भूस्खलन भी हुआ है वर्षा से नदी नालों के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने प्रदेश में निवेश को लेकर एमओयू साईन होने और मौसम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक सवेरा टाईम्स मुख्यमंत्री के हवाले से लिखता है विकास की राह में लंबी छलांग भरने को तैयार हिमाचल

आपका फैसला के शब्द हैं मंडी में मुख्यमंत्री ने दी जानकारी हिमाचल में निवेश के प्रति रूझान दिखा रहे उद्योगपति

अमर उजाला का शीर्षेक है मंदिर और थाने में घुसा पानी कारें मलबे में दबी ट्रक बहा दो मकान गिरे दैनिक जागरण लिखता है आफत बनकर बरसे बादल कई स्थानों पर भुस्खलन कुछ मकानों को नुकसान आपका फैसला के अनुसार हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर भवनों में घुसा पानी कई सड़कें बंद

दिव्य हिमाचल की एक खबर है हिमाचल के कशरों को जीवनदान नहीं अमर उजाला लिखता है शिमला आ रहा हिमालयन क्वीन का इंजन धर्मपुर में हांफा इसी अखबार की एक अन्य खबर है मुंह से पैन पकड़कर दी परीक्षा एमबीबीएस में दाखिला